टीकाकरण का यह अभियान पूरे देश में चलाया जायेगा टीकाकरण अभियान की शुरूआत में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के तीन हजार छ सौ केन्द्र वीडियो काफ्रेस के जरिये आपस में जुडेंगे शुरूआत में समी टीकाकरण केन्द्रों पर करीब एक सौ लाभार्थियों को टीका दिया जायेगा टीकाकरण का यह कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देने के आधार पर चलाया जायेगा प्रथम चरण में स्वास्थ्यकर्मियों सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और समेकित बाल विकास सेवा से संबंधित कर्मियों को टीके लगेंगे प्रदेश में टीकाकरण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं यहां पहले चरण में तीन सौ ग्यारह केन्द्रों पर वैक्सीन लगाने की कार्रवाई की जायेगी

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कौशल विकास केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो काफ्रेंस के जरिए बातचीत की स्किल इंडिया मिशन के चौथे चरण में दो हजार बीस इक्कीस के दौरान नौ सौ उनचास करोड़ रुपये की लागत से आठ लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो हजार पन्द्रह में स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी पिछले दो चरणों के अनुभवों के आधार पर अब तीसरे चरण की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया में कौशलों का मुख्य केंद्र बनाना है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधन के साथ बजट सत्र की शुरूआत होगी पहली फरवरी को केन्द्रीय बजट पेश किया जायेगा मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने संबंधी स्थायी समितियों द्वारा उनकी रिर्पोटों की तैयारी के मद्देनजर संसद की कार्यवाई पन्द्रह फरवरी को स्थगित हो जायेगी बजट सत्र का दूसरा भाग आठ मार्च को शुरू होगा सरकारी प्रयोजन की आवश्यकतानुसार सत्र के आठ अप्रैल को सम्पन्न होने की संभावना है

दिल्ली कैंट के करियप्पा मैदान में आज सेना दिवस का आयोजन किया गया इससे पहले सेना प्रमुख मनोज मुकूद नरवणे ने करियप्पा मैदान में शानदार परेड का निरीक्षण किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर भारतीय सेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को बधाई दी एक ट्वीट में राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा राष्ट्र उन वीर सैनिकों को याद करता है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि हमारी सेना मजबूत साहसी और द्रढ़संकल्प है जिसने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है भाजपा ने आज विधान परिषद के चुनाव के लिए चार उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है सूची में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा और लक्षण प्रसाद आचार्य का नाम शामिल है विधान परिषद की बारह सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख अट्ठारह जनवरी है और मतदान अट्ठाईस जनवरी को होना है

भारत कोविड महामारी से निपटने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश में अब तक एक करोड़ एक लाख बासठ हजार से ज्यादा लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं रोजाना संक्रमण के मामलों की संख्या भी लगातार बीस हजार से कम हो रही है पिछले चौबीस घंटों में केवल पन्द्रह हजार पांच सौ नबे मामले सामने आये हैं देश में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या सक्रिय मामलों से लगातार ज्यादा होती जा रही है वर्तमान में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से करीब अड़तालिस गुना ज्यादा है

शीतलहर के कारण सड़कों पर आवागमन कम हो गया है घने कोहरे का असर यातायात पर भी पड़ा है मौसम दिभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक ठंड से निजात मिलने की उम्मीद नही है कृषि वैज्ञानिकों ने इस मौसम को गेहूं के फसल के लिये लाभप्रद बताया है